मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज शिमला के गेयटी थियेटर में संस्कृत अभिनंदन समारोह के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस मामेल की जांच के लिए पालमपुर के एसडीएम के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया गया है और परीक्षा को तुरंत रदद कर दिया गया है मुख्यमंत्री ने दावा किया कि लिखित परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों द्वारा असल उम्मीदवारों के स्थान पर परीक्षा देने की गुप्त सूचना मिली थी इसी आधार पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही तीन व्यक्तियों को और परीक्षा केंद्र के भीतर दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया

राठौर प्रदेश कांग्रेस ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के पदों के लिए बीते रोज ली गई लिखित परीक्षा रदद करने को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करार दिया है पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में एक ब्यान में कहा कि लिखित परीक्षा का रद्द होना प्रशासन की विफलता और कोताही है उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और इसमें शामिल लोगों का पर्दाफाश करने की मांग की राठौर ने ये भी कहा कि परीक्षा देने वाले सभी युवाओं को आने जाने का खर्चा सरकार दे उन्होंने इस मामले में राजनीतिक संरक्षण की आशंका भी जताई

केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा चाहे वन्य जीव हो या पर्यटन या कुछ और भारत के लिए प्रधानमंत्री से बड़ी कोई हस्ती नहीं हो सकती बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकूर ने कहा है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश के लोगों के लिए सड़कें सही मायने में जीवन रेखाए हैं क्योंकि इनके माध्यम से ही त्वरित विकास संभव है बिक्रम ठाकर आज जस्वा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के शांतला लेर मार्ग के सुधारीकरण और मगरू देहरा के बीच नई बस सेवा को हरी इंडी दिखाने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़को का घनत्व बढ़ाने तथा ज्यादा से ज्यादा गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए कारगर कदम उठाए हैं मंत्री ने कहा कि मगरू देहरा के बीच बस सेवा आरम्म हो जाने से क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है ईद ईद उल जुहा बकरीद का त्यौहार आज प्रदेशभर में धूम धाम से मनाया गया इस मौके पर तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई और इसके बाद मुस्लिम भाईयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुंबारकबाद दी शिमला में ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अता की गई चंबा में चौगान में ईद उल जुहा की नमाज अता की गई इस मौके पर देश में अमन चैन की दुआ भी की गई सोलन में जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी गई जहां बड़ी संख्या में हिन्दू व मुस्लिम लोगों ने ईद की नमाज में हिस्सा लेकर और गले भिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारिकवाद पेश की बैडमिंटन पोलेंड में आयोजित विश्व सीनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप में इस बार देश के रिवलाड़ियों ने उमदा प्रदर्शन कर स्वर्ण रजत और कांस्य पदक हासिल किए

साईकिल रैली कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने स्वयं सेवी संस्था यत्न द्वारा आयोजित ईको साईकिल राईड को आज कुल्लू से हरी इांडी दिखाकर रवाना किया इस राईड का उदेश्य ग्रीन कुल्लू क्लीन कुल्लू और आओ बिजली महादेव को साफ रखे का संदेश देना है पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने और इस तरह की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की यत्न संस्था के अध्यक्ष गौरव भारद्वाज ने कहा कि संस्था हर साल बिजली महादेव ट्रैक पर सफाई अभियान चलाती है ताकि लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा सकें